दक्षिण कोरिया के सोल में आज योनसेइ विश्वविद्यालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और सिद्धांतों में इन समस्याओं का निदान मौजूद है

योनसेई विश्वविद्यालय इस स्वतंत्रता संग्राम का केन्द्र था संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने इस अवसर पर अपने संबोधन में विश्वशांति जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकारों के समर्थन में प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की सोल में आज ही भारत कोरिया व्यापार संगोश्ठी को सम्बोधित करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत तेजी से अवसरों वाले देश के रूप में उभरा है उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान विश्वबैंक की सुविधाजनक व्यापार अवसर वाले देशों की सूची में भारत ने पैंसठ स्थानों का सुधार करके सतहत्तरवां स्थान हासिल किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इन दिनों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है और देश के नब्बे प्रतिशत क्षेत्रों में निवेश को तेजी से अनुमति दी जाती है पिछले चार वर्षों के दौरान देश में ढ़ाई सौ अरब डॉलर से अधिक का विदेशी निवेश हुआ है

आज आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में आकाशवाणी के एफएम केन्द्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आकाशवाणी लोगों को साफ सुथरा मनोरंजन देने के अलावा बेहतर समाचार और घटनाओं की सटीक समीक्षा भी उपलब्ध कराता है

मंत्रालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी कर्मियों को दिल्ली श्रीनगर श्रीनगर दिल्ली जम्म् श्रीनगर और श्रीनगर जम्म् सेक्टरों में भी हवाई यात्रा के अधिकार की स्वीकृति दे दी है इस फैसले से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कांस्टेबल हैड कांस्टेबल और एएसआई रैंक के लगभग सात लाख अस्सी हजार कर्मियों को तुरंत फायदा होगा जो अभी तक इस सुविधा के पात्र नहीं थे

अब स्टार्टअप पच्चीस करोड़ रुपये तक के निवेश पर एंजल टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त कर सकते हैं इससे पहले स्टार्टअप कम्पनियां कर में छूट भी प्राप्त कर सकती थी जब एंजल निवेशकों सहित कुल निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इसकी मंजूरी दी है

बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेष यादव ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि बसपा प्रदेष के अस्सी लोकसभा सीटों में से अड़तीस पर अपने प्रत्याषियों को खड़ा करेगी जबकि समाजवादी पार्टी प्रदेष की सैंतीस लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याषी खड़ा नही करने का फैसला किया है इसके अलावा मुजफ्फरपुर बागपत और मथुरा लोकसभा सीटें अन्य सहयोगी दलों के लिये छोड़ी गयी है

वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा कि बैंकों में फिर से पूंजी लगाने से उनको बेहतर ढंग से कामकाज करने में मदद मिलेगी

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ षून्य षून्य एक एक सात आठ षून्य षून्य पर अपने संदेश भी भेज सकते हैं

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह बस दिल्ली से बिहार जा रही थी घायलों को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है